श्री गहलोत ने आज वीडियो काफेंस के जरिए कोरोना को लेकर राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों प्रभारी सचिवों जिला कलेक्टरों पुलिस अधीक्षकों और अन्य अधिकारियों को संबोधित किया

इस मौके पर श्री गहलोत ने कहा कि कोरोना महामारी के मुश्किल दौर में सरकार प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रही है उन्होंने कहा कि कोरोना संकमण के प्रसार को काबू में करने के लिए सरकार ईलाज के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर विशेष जोर दे रही है

श्री गहलोत ने श्रीगंगानगर में कोविड जांच लैब का भी वीडियो कांफेस के जरिए उद्घाटन किया

कारखानों में उत्पादन धीरे धीरे बढने लगा है और व्यावसाथिक गतिविधियां भी रफ़तार पकड़ने लगी है राजधानी जयपुर के ज्यादातर बाजारों में अब रौनक लौटने लगी है

हालांकि रणथम्भौर के त्रिनेत्र मंदिर सहित अन्य बडे मंदिर नहीं खुलने से श्रद्धालुओं में निराशा है जैसलमेर के ग्रामीण इलाकों में नाचना मोहनगढ रामगढ में आज एकादशी को मंदिर ख्रलने से लोगों में काफी उत्साह नजर आया मंदिरों में श्रद्वालुओं ने मास्क लगाने और सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन किया

इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रभित मरीजों के ठीक होने की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा हैं

इस योजना का लाभ ले रहे लोग भी सरकार के इस फैसले से खुश हैं

मानवता के लिए डॉक्टरों और फिजिशियन की सेवा के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए प्रति वर्ष पहली जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है भारत में जाने माने फिजिशियन और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय की जयंती और पृण्यतिथि के अवसर पर यह दिन डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है

चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघू शर्मा ने भी प्रदेश के सभी डॉक्टरों को बधाई और शुभकामनाएं दी है प्रदेशभर में डॉक्टर्स डे पर कई कार्यकम हो रहे है

सीकर में जिला स्टेडियम में चिकित्सकों ने आज पौधरोपण किया

मंत्रालय ने इस रिपोर्ट की प्रति राज्य सरकार को भेजी है गौरतलब है कि नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल द्वारा इस संबंध में लोकसभा में मुददा उठाए जाने के बाद सरकार ने एक सभिति का गठन किया था

ये बढोतरी आज से लागू मानी जाएगी

राजधानी जयपूर सहित बीकानेर चुरू श्रीगंगानगर हनुमानगढ और जैसलमेर जिलों में आज तेज गर्मी रही मौसम विभाग ने आज अजमेर झुंझुनू सीकर चूरू जयपुर दौसा तथा नागौर जिलों के कुछ स्थानों पर आंधी के साथ हल्की से मध्यम बारिश की चेंतावनी जारी की है ै मौसम विभाग ने कल राज्य के उत्तरी और पश्चिमी जिलों में लू की चेतावनी जारी की है